ये अनुसमर्थन प्रदेश विधानसभा के आज शिमला में बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान किया गया

इससे पूर्व विधानसभा सचिव ने इस संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन में राज्यसभा के संयुक्त सचिव से प्राप्त पत्र के दस्तावेजों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखी

उन्होंने कहा कि जितनी गंभीरता से अनुसचित जाति व जनजाति पर हो रहे अन्याय के विषयों पर चर्चा की जाती है उतनी ही गंभीरता से उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाए तो आरक्षण बढाने की जरूरत ही नहीं रहती

इसलिए आज का सत्र बुलाया गया है उन्होंने सदस्यों से संविधान संशोधन विघेयक पर सार्थक चर्चा का आहवान करते हुए कहा कि र्वे विस्तृत अभिभाषण बजट सत्र के आरम्भ में देंगे

उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मुख्य उदेश्य समाज में राजनीतिक अधिकारों में समानता लाना है

अग्निहोत्री ने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है

इसी के चलते आरक्षण को आगे बढ़ाना जरूरी है अग्निहोत्री ने कहा कि राजनीतिक भागीदारी में इस आरक्षण के चलते ही समाज को इन वर्गों से बहत से नेता मिले हैं हालांकि इसके बावजूद अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव की घटनाएं चिंता जनक हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति से केवल एक ही विधायक को मंत्री बनाया है जो इस वर्ग के साथ अन्याय है बिंदल सिरमौर जिला के नाहन में नाबार्ड द्वारा स्वरोजगार से स्वाबलंबन की ओर विषय पर स्वयं सहायता समूह महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया

उन्होंने महिलाओं से गांव स्तर पर रोजगार के साधन विकसित करने के लिए डोने पतल सवैटर बनाई और जट के बैग बनाने के अलावा मशरूम की खेती करने का आहवान किया बिंदल ने स्वयं सहायता समूहों को बुनाई और डोने पतल बनाने की मशीने देने की घोषणा भी की मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज दूसरे दिन भी रूक रूक कर बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से सभी सड़के अवरूद्व हैं लोक निर्माण विमाग के अभियंता किशन दास ने बताया कि घाटी के विभिन्न हैलीपैड को जोड़ने वाली सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है ताकि मौसम खुलते ही आपात हैलीकॉप्टर उडाने करवाई जा सकें चंबा जिले में बर्फबारी से चंबा पठानकोट वाया जोत और चंबा खजियार सहित कई अन्य मार्ग अवरूद्व हैं जिन्हें खोलने के प्रयास जारी हैं जिले के निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है उपायुक्त विवेक भाटिया ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है उन्होंने बताया कि बर्फबारी से प्रभावित बिजली व यातायात व्यवस्था को जल्द सुचारू बनाने को लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है कुल्लू किन्नौर और शिमला ज़िला के कई भागों में बर्फबारी का क्रम रूक रूक कर जारी है इससे ऊपरी शिमला को जाने वाले कई सड़क मार्ग अवरूद्व हैं

मेंट शिमला ज़िला की पीरन पंचायत के ट्रहाई गांव के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा के नेतृत्व मे आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर से भेंट की

मुख्यमंत्री ने मेंहदी देवी की मौत की जांच गहनता से करने का प्रतिनिधिमंडल को ऑश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों को जल्द बेनकाब कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी